अवैध खनन पर अंकृश को लेकर राज्यस्तरीय टास्क फोर्स की हई बैठक कार्यदल को सशक्त और कारगर बनाने को लेकर दिशा निर्देश जारी राज्य के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर सैकडों मामलों का हआ निष्पादन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

राज्य के कृषिमंत्री बादल ने कृषि बजट को लेकर आज हजारीबाग में जनप्रतिनिधियों किसान प्रतिनिधियों और विभागीय वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में कई सुझावों पर चर्चा की गई बाद में पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में पंद्रह लाख नए किसानों को किसान सम्मान निधि से जोड़ने का काम किया गया है साथ ही छह लाख अन्य किसानों को भी इस योजना से जोडा जाएगा श्री बादल ने कहा कि सभी किसानों को केसीसी ऋण दिलाया जाएगा

कृषि मंत्रालय के अनुसार सरकार किसानों से खरीफ फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जारी रखेगी मंत्रालय ने कहा है कि पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश तेलंगाना उत्तराखंड तमिलनाड चंडीगढ जम्म कश्मीर केरल गुजरात आंध्र प्रदेश ओडिशा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और बिहार में खरीद सुचारू रूप से जारी है

इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गयी है

श्री साह ने बताया कि निजी स्वार्थ के कारण कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियां किसानो को भ्रमित करने का लगातार प्रयास कर रही हैं जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कृषि से संबंधित ऐतिहासिक सुधारों के माध्यम से कई दशकों से चले आ रहे बंधनो से देश के अन्नदाता को मुक्त कराने बिचौलियों के जकड़ से मुक्त कराने और अपनी उपज बेचने की आजादी जैसे तमाम उपायों के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर है

इनमें एक लाख आठ हजार चार सौ अठासी लोग कोरोना को मात दे चुके हैं वहीं नौ सौ पंचान्बे लोगों की मौत हो चुकी है फिलहाल एक हजार छह सौ चारान्बे संक्रमितों का इलाज चल रहा है इस तरह कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतान्बे दशमलव पांच आठ प्रतिशत पहंच चुकी है इधर पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक सौ चौहतर नए संक्रमित मिले हैं जबकि एक सौ अडसठ लोग कोविड से स्वस्थ हए हैं दो लोगों की मौत होने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा तिरान्बे मामले रांची से मिले हैं वहीं इसी जिले से ही सर्वाधिक पचहत्तर लोग स्वस्थ भी हुए हैं

स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ द्वारा आयोजित इस कार्यशाला कों स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी और एनएचएम के अभियान निदेशक ने भी संबोधित किया

राज्य में अवैध खनन पर अंकुश को लेकर आज खनन विभाग के सचिव के श्रीनिवासन की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हई इस बैठक में खान विभाग के निदेशक शिवशंकर सिन्हा के अलावा सभी जिलों के उपायुक्त पुलिस अधीक्षक वन प्रमंडल पदाधिकारी और जिला खनन पदाधिकारी उपस्थित थे बैठक में अवैध खेनन की रोकथाम के लिए की जा रही कार्रवाई जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करते हुए संबंधित विषयों पर की जाने वाली कार्रवाई न्यायालयों में लंबित वादों और पारित आदेशों के अनुपालन समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हई इसके अलावा जिला स्तरीय टास्क फोर्स को सशक्त और कारगर बनाने को लेकर आवश्यक उपायों के संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किये गए राज्य के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया इस दौरान दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर सैकडों मामलों का निष्पादन किया गया पाकड जिले में व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित न्याय सदन में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार श्रीवास्तव ने की

इधर रामगढ़ जिले में भी आज नालसा द्वारा वर्चुवल माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया

इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निकेत कुमार सिन्हा ने बताया कि आने वाले दिनों में जब तक कोरोना काल रहेगा तब तक ऐसे ही लोक अदालत का वर्चअल माध्यम से आयोजन और निष्पादन होगा

यह दिन स्वास्थ्य सुविधाओं को हर किसी की पहुंच के दायरे में लाने की आवश्यकता के बारे में लोगों और संस्थाओं को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अवसर पर आयोजित एक समारोह की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के मद्देनजर इस वर्ष का विषय है सबके लिए स्वास्थ्य सबको सुरक्षा श्री हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में और अधिक निवेश की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए मजबूत स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था और जरूरी हो गई है

इस सड़क दुर्घटना में एसपी घायल हो गये इसके अलावा उनके पुत्र और अंगरक्षक को भी गंभीर चोट आयी है घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार यह सड़क द्वर्घटना बीजूपाड़ा के करकट चौंरा के पास हुई है सड़क दुर्घटना में घायल एसपी विवेकानन्द सिंह को मांडर मिशन स्थित हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार करने के बाद रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है

जिले के पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने बताया कि गिरफतार नक्सली के पास से संगठन का लेडर पैड तीन मोबाइल समेत कई सामान जब्त किये गये है

इस दौरान राजधानी रांची समेत कई हिस्सों में अगले चार दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे कई इलाकों में गर्जन के साथ बारिश भी हो सकती है इस वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी इधर कोडरमा साहेबगंज गिरिडीह और चतरा समेत कई इलाकों में सुबह में कोहरा छाए रहने से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है अब संक्षिप्त खबरें पाकृड में पांच सूत्री मांगों को लेकर आज जिले के निजी स्कूलों के सैकड़ो शिक्षकों और कर्मियों ने शांति मार्च निकाला

इसी क्रम में आज जिले के पतरातू प्रखंड के पालू मौजा में राजस्व शिविर का आयोजन किया गया